ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व अन्य स्थानों पर वर्षा से समूचे प्रदेश में शीतलहर बढ़ी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

उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक रूझान पिछले पांच महीनों से लगातार प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के संकेत दर्शा रहे है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी से संबंधित मामलों की पहचान और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए राजस्व हानि के तरीकों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में वन विभाग द्वारा स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने के कार्यकम का शुभारंभ किया ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा इस दौरान उन्होंने शिमला के निकट करेरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम यानि पाजा का पौधा रोपा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत शहरी और अर्द्वशहरी समुदायों को पौध रोपण गतिविधियों में शामिल कर वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाटिका स्थानीय लोगों को मनोरंजन आराम और पैदल चलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी

वन विभाग की प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता ने कहा कि कार्यक्रम के तहत चैरी ब्लॉसम के औषधीय गुणों वाले आठ सौ पौधे लगाना प्रस्तावित है इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री स्रेश भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य लोग उपलस्थित रहे मुख्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कांफिडरेशन ऑफ इण्डियन इन्डस्ट्री द्वारा फार्मा सेक्टर विषय पर आयोजित वेबीनार की अध्यक्षता की

उन्होंने कहा कि बद्दी में एशिया का सबसे बड़ा फॉर्मा हब है और इसका श्रेय प्रदेश में कार्यरत फॉर्मा कम्पनियों को जाता है

उद्योग मंत्री प्रदेश सरकार बिना भेद भाव के हर पात्र व्यक्ति की सहायता के लिए कृत संकल्प है ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिला में जसवां परागपुर के नंगल चौक में पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि के चैक वितरित करते हुए कही

उन्होंने कहा कि जसवां परगपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सबसे ज्यादा सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है जिसमें से अधिकतर राशि गंभीर रूप से बीमार लोगों के उपचार के लिए आबंटित की गई है राठौर प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में हुए नगर निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का भाजपा पर आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मशोबरा ब्लॉक के कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य को अगवा करने के मामले में कहा कि एक चुने हए प्रतिनिधि को बंधक बनाना पूरी तरह गैर कानूनी था उन्होंने कहा कि पूलिस महानिदेशक को इस खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में कांग्रेस समर्थित जीते हुए उम्मीदवारों को डरा धमकाकर व प्रलोभन देकर उन्हें अपने पक्ष में करने के पूरे प्रयास कर रही है राठौर ने कहा कि वे मशोबरा ब्लॉक के इस मामले और प्रदेश में लोकतंत्र हनन की शिकायत राज्यपाल से करेंगे भाजपा दूसरी ओर भाजपा के शिमला जिला अध्यक्ष रवि मैहता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पंचायतीराज चुनाव में भारी जनमत मिला है जिससे कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के आज के प्रैस वक्तव्य में भाजपा पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है

इसके चलते समूचे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है मनाली के पर्यटनों स्थलों धूंधी सोलंगनाला कोठी गुलाबा में हिमपात हुआ है ऊँचाई वालों क्षेत्रों में ज्यादा हिमपात की आशंका के चलते कुल्लू जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगो व पर्यटकों से बर्फबारी वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि आज पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला से आगे नहीं जाने दिया गया है इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटो के दौरान मैदानी व निचले इलाकों के कुछ स्थानों पर वर्षा जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है पंचायत शिमला जिला के बसंतपुर विकास खंड की चनावग पंचायत के प्रधान कृष्णा शर्मा व उप प्रधान जगदीश गौतम सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से भेंट की इस दौरान उन्होंने पंचायत की विभिन्न समस्याएं बताई